मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में पारम्परिक उद्योगों और स्वदेशी कौशल को प्रोत्साहित कर रही है उन्होंने कहा कि एक ज़िला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य पारम्परिक उद्योगों का संवद्धन करना है और इस कम में सरकार विभिन्न उत्पादों पर सब्सिडी भी दे रही है उन्होंने कहा कि पारंपरिक शिल्पकलाओं को बढ़ावा देने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है जिसके माध्यम से कुम्हारों को संरक्षण दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन उद्योगों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच तैयार किया है मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी अवधारणा की ब्रांडिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी इस अवसर पर अल्सख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि देश में पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के कौशल को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देशभर में हनर हाट का आयोजन कर रहा है श्री नकवी न कहा कि इस तरह के हुनर हाटों के आयोजन से पारंपरिक कौशल को गति भी मिली है उन्होंने बताया कि देश के तेइस राज्यों के कारीगर लखनऊ में हो रही हनर हाट में हिस्सा ले रहे हैं श्री नकवी ने कहा कि देश के विभिन्न भागों में अब तक सोलह हुनर हाट आयोजित किये जा चूके हैं राजधानी लखनऊ के शिल्पग्राम में शुरू हुआ यह हुनर हाट इक्कीस जनवरी तक जारी रहेगा कन्नौज जिले में कल देर रात हुए सड़क हादसे में दस लोगों की मृत्यु हो गई और पच्चीस से ज्यादा घायल हो गये हैं यह दुर्घटना छिबरामऊ इलाके के घिलोई गांव के पास हुई दुर्घटना उस समय हुई जब एक निजी बस और ट्रक के टकराने के बाद दोना वाहनों में आग लग गई जिसमें दस यात्रियों की जलकर मौत हो गई पलिस ने बताया है कि अभी तक दस शवों को निकाला जा चुका है

और विवरण हमारे संवाददाता से डिस्पैच दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रुपये देने की घोषणा की है वहीं घायलों को पचास पचास हजार रुपये आर्थिक मदद का एलान किया है मुख्यमंत्री ने घायलों को मुफ्त और अच्छा इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विद्यार्थियों से बातचीत का तीसरा संस्करण परीक्षा पे चर्चा आगामी बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की जायेगी इस कार्यक्रम में देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक हिस्सा लेंगे

कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम कल से लागू हो गया है केन्द्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है

उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी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

श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने संसाधनों के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग के लिए विद्यार्थियों के साथ साथ समाज के लोगों को भी सहभागी बनायें नागरिकता संशोधन क़ानून के बारे में लोगों को तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के कम में पाटी नेताओं और मंत्रियों ने आज विभिन्न ज़िलों में रैलियों तिरंगा यात्राओं और शांति मार्च में भाग लिया चंदौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केन्द्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेन्द्रनाथ पांडेय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर पाण्डेय ने नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध को गलत ठहराते हुए कहा है कि इस कानून का उददेश्य किसी की नागरिकता छीनना नहीं है बल्कि पड़ोसी देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा जनता में फैलाये जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान जरूरी है उधर बस्ती में भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी समेत भाजपा नेताओं ने पद यात्रा करके लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में वास्तविक जानकारी दी तथा लोगों को इस बात से अवगत कराया कि इस कानून के तहत देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता पर काई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना के चलते अपना देश छोड़कर भारत में आये हुए हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान इस कानून में किया गया है आकाशवाणो समाचार से बातचीत करते हुए सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा बाइट लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल लाकर के हम लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया है और पूरे देश में यह लागू भी कर दिया गया है इसको लेकर के वह जो बीच में भ्रांति दूर करने के लिए जनजागरण अभियान भारतीय जनता पार्टी और तमाम संगठन चला रहे हैं उसी सन्दर्भ में आज बस्ती ज़िले में पद यात्रा का कार्यक्रम था और लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में सही जानकारी देना और उससे किसी के नागरिकता पर किसी प्रकार का कोई आंच नहीं आ रहा है इसलिए आज यह पद यात्रा निकाली गयी और अनेक ऐसे कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं

जौनपुर में प्रदेश के विधि और न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने लोकजागरण मंच के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी दल नागरिकता क़ानून और एआरसी के नाम पर मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस क़ानून से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है अयोध्या में निकाले गये शांति मार्च में पार्टी की युवा इकाई सहित कई सामाजिक संगठनों ने भाग लिया शांति मार्च से पहले प्रदेश के राज्यमंत्री विद्यासागर सोनकर स्थानीय सांसद लल्लू सिंह और महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने लोगों को इस क़ानून के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया वहीं सिद्धार्थनगर में क्षेत्रीय सांसद जगदम्बिका पाल ने लोगों से इस क़ानून के बारे में विपक्ष द्वारा किये जा रहे दुष्प्रचार से भ्रमित न होने का आहवान किया श्री पाल ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की विकासपरक नीतियों की सफलता से बौखलाई विपक्षी पार्टियों के पास कोई सार्थक मुद्दा नहीं बचा है इसीलिए वह नागरिकता सशोधन क़ानून का भय लोगों को दिखा रहे हैं

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शास्त्री जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने और देश के सैनिकों और किसानों क योगदान का सम्मान करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था उधर वाराणसी के रामनगर स्थित शास्त्री जी को प्रतिमा पर लोगों ने माल्यापण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी